विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि करतार प्र गलियारे की पहल का पाकिस्तान के साथ बातचीत से कोई समबध नहीं है आज हैदराबाद में एक पत्रकार वार्ता को समबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जब भारत में आंतकी गतिविधियों को रोकेगा तभी बातचीत श्रू हो सकती है उन्होंने भारत के इस संकल्प को दोहराया कि बातचीत और आंतक साथ साथ नहीं चल सकते उनहोंने कहा कि भारत कई वर्षो से भारतीय सिख श्रद्वाल्ओं के करतारप्र स्थित दरबार साहिब ग्रूदवारे के दर्शनों की मांग कर रहा था और उन्हें ख्शी है कि पाकिस्तान ने पहली बार इसको लेकर सकारात्मक रवैया अपनाया है आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए दो लाख और सस्ते मकान बनाने को मंजूरी दी है इससे इस योजना के तहत मंजूर किए गए आवासों की गिनती बढ़ाकर पैंसठ लाख से अधिक हो गई है

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के नव निय्क्त सदस्य प्रविन्द्र सिंह को कार्यालय और गोपनीयता की शपथ दिलाई प्रदेश सरकार ने न्यायमर्ति प्रमोद कोहली की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया है जिसमें मुख्य सचिव डी एस ढेसी और केन्द्रीय विद्य्त प्राधिकरण के अध्यक्षप्रकाश एक म्हासके सदस्यों के रूप में शामिल है ये निय्क्ति चयन समिति की सिफारिशों पर आधारित है गौरतलब है कि हरियाणा विद्य्त नियामक आयोग के सदस्य के पद की निय्क्ति के लिए आवदेन अगस्त माह में समाचार पत्रों में इश्तेहार के जरिये आंमत्रित किए गए बह्चर्चित गीताजंलि हत्याकांड में आज पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई ह्ई सुनवाई के दौरान तीनों गवाहों के बयान दर्ज किये गये जिन गवाहों के बयान दर्ज हये उनमें एक गवाह का नाम गिरीश दयाल है जो पंजाब के म्ख्यमंत्री के प्रधान सचिव है

इस मामले में मृतका गीताजंलि के भाई और पिता अपने पहले दिए गये बयानों से म्कर च्के है और अरोपी रवनीत गर्ग केा उचच न्यायालय से जमानत भी मिल च्की है

आरोपी सीजेएम की पत्नी की हत्या गोली लगने से हई थी और मृतका का परिजनों की शिकायत पर सीजेएम रवनीत गर्ग और उनकी मां समेत अन्य पर दहेज हत्या का मामला दर्ज हुआ था हरियाणा के क्रूक्षेत्र में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में लगान व मुन्ना भाई एमबीबीएस से प्रसिद्वि पाने वाली फिल्म अभिनेत्री ग्रेसी सिंह और सूफी गायक सतिन्द्र सरताज सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आकर्षण का केन्द्र रहेंगे

उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में इस वर्ष मॉरीशस को भागीदारी देश और ग्जराज को भागीदारी राज्य के रुप में भाग ले रहे है

इस संगोष्ठी में देश विदेश के विद्ववान लोग पवित्र ग्रंथ गीता पर मंथन पर करेंगे और नए शोध की तरफ आगे बढ़ेंगे इस महोत्सव में गीता प्स्तक मेले का आयोजन किया जाएगा जिसमें इस्कान रामकृष्ण मिशन जिओ गीता एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थानों की सहभागिता रहेगी

पंचक्ला में आज ये जानकारी देते हए श्री संध् ने बताया कि थानों के ये नए भवन काम करने के लिए बेहतर वातावरण सुजित करने में सहायक होंगे उन्होंने कहा कि ये ढांचागत स्विधाएं प्लिस कर्मियों को अपनी डयूटी बेहतर तरीके से निभाने में मदद करेंगी उन्होंने कहा कि इन थानों के निर्माण पर बासठ करोड़ बावन लाख रूपये खर्च किये जा रहे है जबकि अन्य आधारभूत संरचनाओं जैसी होस्टल और बैरक के निर्माण पर इक्यावन करोड़ ब्यासी लाख रूपये व्यय किए जा रहे है प्रधानमंत्री द्वारा आरम्भ की गई उजाला योजना के तहत अब डाक विभाग द्वारा डाकघरों के माध्यम से एलईडी बल्ब टयूब और पंखे उपलब्ध करवाये जायेंगे हरियाणा में इस योजना के प्रथम चरण का श्भारंभ अम्बाला जिले से किया गया डाक सेवा विभाग के हरियाणा परिमंडल के निदेशक निर्मल सिंह ने बताया कि इससे लिए एनर्जी एफिसिएंसी सर्विस लिमिटड ने समझौता किया गया है यह कंपनी डाक विभाग को बिजली बचत और उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में कटौती के लिए उपयोगी एलईडी उपकरण उपलब्ध करवायेगी डाक सेवा निदेशक ने बताया कि यह सेवा चरणबद्व तरीके से पूरे प्रदेश के डाकघरों में लागू की जायेगी उन्होने बताया कि डाकघरों पर यह उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए विशेष बूथ स्थापित किये गये हैं जहां ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोग अपने नजदीकी स्थल से इन उपकरणों को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे

ये प्रस्कार उन्हे राहगिरी कार्यक्रम प्रदान किए जायेंगे ये जानकारी दते हए राह ग्र्प के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केश कला एवं कौशल विकास बोर्ड के निदेशक नरेश सेलफड़ ने बताया कि प्रदेश के अलग अलग शहरों में इसी प्रकार ये सम्मान समारोह आयोजित किये जायेंगे

हरियाणा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा है कि जलद ही पार्टी की तरफ से मेयर और पार्षदो की सूची तैयार कर दी जायेगी ताकि अधिसूचना के म्ताबिक प्रतयाशी अपने नामांकन भर सके हिसार मे आज पत्रकार से बातचीत में उन्होंने कहा कि नगर निगम के च्नाव पार्टी च्नाव चिन्ह पर लड़े जायेंगे या नहीं इसका फैसला हाई कमान की तरफ से जल्दी ही लिया जायेगा एक सवार के जवाब में तंवर ने कहा कि आज प्रदेश में आम आदमी परेशान है च्नाव के समय जनता के साथ किए गए वादे पूरे नहीं किए गए है उधर रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हडडा ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श के बाद ये तय होगा कि नगर निगम का चुनाव पार्टी चिन्ह पर लड़ा जाये या नहीं